भाजपा ने तत्काल बहुमत परीक्षण कराने और कांग्रेस ने पार्टी के बागी विधायकों को रिहा कराने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में दलीलें रखीं कांग्रेस ने कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे सौंपने के पीछे भाजपा की साजिश है इसकी जांच हो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली हई सीटों पर उपचुनाव होने तक बहमत परीक्षण नहीं कराने की मांग की

उन विधायकों के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चैंबर में पेश होने को तैयार हैं इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि बागी विधायक बहुमत परीक्षण में शामिल हों या नहीं लेकिन उन्हें बंधक नहीं रखा जा सकता

बैठक में कोरोना वायरस को लेकर जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा गई

राजनीतिक गतिविधि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि अल्पमत में आ चुकी प्रदेश की कमलनाथ सरकार हड़बड़ी में अवैधानिक तरीके से संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कर रही है श्री चौहान ने कल सीहोर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ यदि विधायकों की बात पहले ही सुनते तो उन्हें आज यह दिन नही देखना पड़ता उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप को बेबूनियाद बताया वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके नेता राज्य की सत्ता को लिए बैचेन है श्री कमल नाथ ने कल कहा कि भाजपा के पास अभी बहुमत भी नही है और ना ही श्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा विधायक दल ने नेता चुने गए हैं मुख्यमंत्री ने श्री चौहान पर आरोप लगाया कि वे अधिकारियों को धमका रहे हैं वही बेंगलुरू गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने का हरसंभव प्रयास कर रही है यस बैंक येस बैंक में कामकाज शुरू हो गया है और ग्राहकों के लिए उसकी सेवाएं सुचारू रूप से काम करने लगी हैं

इंदौर से पुणे के बीच बस सेवा भी रोक दी गई है

शिवपुरी जिले में नोबल कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिये कल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी सेक्टर मेडीकल ऑफिसर एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया वहीं अशोकनगर जिले के चंदेरी के पुरातत्व महत्व के इमारतों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है कटनी में जनता तक कोरोना वायरस की सही जानकारी पहुंचाने के लिए जिलास्तर के मास्टर प्रशिक्षक तैयार किये जा रहे है गुना में कोरोनावायरस के बचाव एवं जागरूकता हेतु खंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर सांची स्तूप भीम बैठिका रायसेन किला सहित तितली पार्क को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है

देवास चामुंडा माताजी की टेकरी पर नवरात्रि पर्व के दौरान पूरे नौ दिन मंदिर में आमजनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा खण्डवा जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य की द्रकानों पर आने वाले उपभोक्ताओं एवं दुकान संचालक को कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं राजधानी भोपाल स्थित शौर्य स्मारक को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है परीक्षा रोक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए युद्वस्तर पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं

सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कल प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी

जेईई मेन्स और सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाए भी रोक दी गई हैं आयुध फैक्ट्री जबलपूर के पास खमरिया में आयुध निर्माणी फैक्ट्री परिसर में स्थित आयुद्ध भंडारण भवन में कल देर शाम विस्फोट हो गया जिससे भवन क्षतिग्रस्त हो गया